स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए प्रदेशभर में किये गये व्यापक इंतजाम प्रभावित क्षेत्रों में स्क्रीनिंग के साथ लगाये जा रहे हैं टीके

राज्य सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत काम मांगों विशेष अभियान शुरु किया है इसमें रोजगार की मांग करने वाले ग्रामीणों से आवेदन मांगे जायेंगे ताकि उन्हें मनरेगा में रोजगार दिलाया जा सके इस दौरान पुराने जॉब कार्ड का सत्यापन होगा और नये जॉब कार्ड बनाये जायेंगे

गौरतलब है कि उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पिछले दिनों ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक में कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के रोजगार की वास्तविक मांग दर्ज नहीं हो पा रही है

इसके चलते श्री पायलट ने विभाग को तेजी से कार्य योजना बनाकर उसे लागू करने के दिशा निर्देश जारी किये हैं झालावाड जिले के प्रभारी मंत्री रमेश मीणा आज जिले के दौरे पर हैं वे आज यहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा जिला अधिकारियों की बैठक लेंगे

देश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्यों के प्रदर्शन की ग्रेडिंग की जाएगी मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी

विद्यार्थियों में बौद्विक और सुजनात्मक कौशल को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी विद्यालयों में सुजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा

राज्य सरकार ने कल उच्च न्यायालय को यह जानकारी दी

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इसका काम पीडीकोर को सौंपा गया था इसके विस्तत प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर तैयार हो चुकी है और सरकार इसका परीक्षण कर रही है इसे केन्द्रीय जल आयोग को भी भेजा जायेगा और इसके सामाजिक तथा पर्यावरण पर असर की रिपोर्ट भी बनाई जायेगी

प्रदेशभर में स्वाइन फ्लू सहित अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से व्यापक इंतजाम किये गये हैं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कल इसे लेकर अधिकारियों की बैठक ली उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को स्वाइन फ्लू मरीज के तत्काल संपर्क में आने वाले और आसपास रहने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए श्री शर्मा ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि जुकाम बुखार खांसी और नाक बहना जैसे लक्षण पाए जाने पर तुरंत पास के अस्पताल में उपचार करायें इस बीच जोधपुर में स्वाइन फ्लू से कल तीन और महिलाओं की मृत्यु हो गई इस महीने में अब तक स्वाइन फ्लू से छह मरीजों की मौत हो चुकी है

चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ संजीव जैन कल जोधपुर पहुंचे और सीएमएचओ के साथ शहर के हाइ रिस्क क्षेत्र मदेरणा कॉलोनी भदावासिया फाटक और महामंदिर क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज महिला और बाल विकास विभाग में महिला पर्यवेक्षक पद पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है

परीक्षा में नकल रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और महिला पुलिसकर्मी भी तैनात हैं जोधपुर में चल रहे पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प मेले में खरीददारों की भीड़ उमड रही है मेले की इस बार की थीम कौशल विकास और श्रम कल्याण रखी गई है

नेहरु युवा केन्द्र की ओर से आयोजित कार्यक्रम में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से आये युवक युवतियों ने नृत्यों की प्रस्तुति देकर लोकरंग की छटा बिखेरी

टोल प्लाजा पर वाहनों की लम्बी कतारें रोकने के लिए पेट्रोल पम्पों पर अब फास्टैग कार्ड उपलब्ध कराये जायेंगे

समझौते के तहत ये सुनिश्चित किया जायेगा कि फास्टैग देशभर में सभी पेट्रोल पम्पों पर उपलब्ध हों

प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आज शीतलहर चलने से ठंड का असर बढ़ गया है हालांकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है

सिडनी टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को फोलाऑन दिया है